आज नई दिल्ली में इस बारे में जानकारी देते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात कही उन्होंने बताया कि सम्मेलन में दो सौ से अधिक देशों के तीन हजार से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे इसमें करीब सौ देशों के मंत्री भी हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस महासम्भेलन में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि चीन के बाद इस वर्ष भारत दो वर्ष के लिए इस संगठन का मेजबान और अध्यक्ष रहेगा पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में भूमि क्षरण कटाव और उसके बंजर होने की स्थिति से निपटने के बारे में विचार किया जायेगा प्रकाश जावडेकर ने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि वह सम्मेलन के समापन पर नई दिल्ली घोषणा प्रावधानों को मंजूर कराकर ही रहेगा उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य दस वर्षों के भीतर पचास लाख हेक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तर्तित करना है इसके लिए देहरादन के वन अनुसंधान संस्थान में एक केन्द्र स्थापित किया जायेगा सूक्ष्म लघू और मझोले उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये उद्यम और खादी ग्रामोद्योग आयोग संयुक्त रूप से देश के उन्तीस प्रतिशत विकास और चालिस प्रतिशत निर्यात में योगदान करते हैं इन उद्यमों और आयोग के माध्यम से लगभग ग्यारह करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है वे मुंबई में खादी के वैश्वीकरण भारत के अभिमान विषय पर व्यापारिक शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे उन्होंने यह भी कहा कि इन उद्यमों और खादी ग्रामोद्योग का और पांच करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का मिशन है और इसके लिए नीति तैयार की जा रही है सचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने कहा है कि देश के हर जिले में कम से कम एक सामृदायिक रेडियो होना चाहिए जिस पर स्थानीय लोग अपने समुदाय से संबंधित सामाजिक और विकास के मुद्दों पर जागरूक हो सकें वे नई दिल्ली में सातवें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे अमित खरे ने कहा कि सामुदायिक रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाये स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और इनसे ग्रामीण क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया है इस तीन दिवसीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया है देश भर से आये सामुदायिक रेडियो को प्रतिनिधि इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं ये लोग इस दौरान सतत् विकास के लक्ष्यों पर बेहंतर जागरूकता को लिए बनाये जाने वाले कार्यक्रमों की संमावनाओं और अपने अनुभवों को साझा करेंगे इस सम्मेलन में सरकार की योजनाओं जैसे जलशक्ति अभियान और आपदा के खतरों को कम करने के प्रयासों पर भी चर्चा की जायेगी इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सतत् विकास लक्ष्यों के लिए सामुदायिक रेडियो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के प्रावधानों को हटाना एक राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है विजयवाड़ा भें गणमान्य लोगो के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि ये समय की आवश्यकता थी और यह मृद्दा काफी समय से लंबित था उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाना देश के हित में है हालांकि कुछ अस्थाई मुद्दे हैं लेकिन वे राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय हैं

पहली जुलाई से सरकार ने कम पानी वाले जिलों को ध्यान में रखकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की पिछले दो महीनों के दौरान इस योजना के अंतर्गत सरकार ने दो सौ छप्पन जिलों में स्थानीय स्तर पर पांच लाख से अधिक जल संरक्षण बुनियादी ढांचा प्रदान किये

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दुर्घटना तब हुयी जब रा ट्रीय राजमार्ग चौबीस पर जमौका के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी से भरे हये तिपहिया वाहन को टक्कर मार दिया टक्कर मारने के बाद ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वह पास में खड़े एक चार पहिया वाहन पर पलट गया दुर्घटना में घायल लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दर्घटना को लेकर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायल लोगों के बेहतर इलाज के लिये निर्देशित किया है अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में आज एक निजी विमान लैण्डिंग के दौरान हवाई पट्टी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया हलांकि विमान पर सवार समी छः लोग सकुशल बच गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि निर्जो विमान लैण्डिंग के दौरान बिजली के तारों में उलझ गया और जमीन पर उतरने से पहले ही उसमें आग लग गयी